तीन सौ से अधिक आतंकवादी मारे गये

वायुसेना ने आज तड़के पाकिस्तान में खैबर पखतुन्ख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर पर हमला कर आतकंवादियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया इस कार्रवाई में तीन सौ से अधिक आतंकवादी और आतंकियों के प्रशिक्षक मारे गये हैं विदेश सचिव विजय गोखले ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद भारत में और आत्मघाती आतंकी हमलों की कोशिश कर रहा था और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था उन्होंने कहा कि इस कारण यह हमला करना जरूरी था

जैश ए मोहम्मद के बड़ी संख्या में आतंकवादी प्रशिक्ष् वरिष्ठ कमांडर और जिहादियों का समूह जो फिदायिन हमलों की तैयारी कर रहे थे इस ऑपरेशन में मारे गए हैं जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का करीबी रिश्तेदार मौलाना युसूफ अजहर उर्फ उस्ताद गौरी बालाकोट में इस प्रशिक्षण केंद्र का नेतृत्व कर रहा था श्री गोखले ने बताया कि जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षण शिविरों की स्थिति के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी लेकिन उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की विदेश सचिव ने कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए सभी उपाय करने के लिए दृढ़ संकल्प है

इसलिए जैश ए मोहम्मद के शिविर को लक्ष्य बनाते हुए ऐतिहाती असैनिक कार्यवाही की गई इस ठिकाने का चयन ये ध्यान में रखकर किया गया कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे श्री गोखले ने कहा कि भारत आशा करता है कि पाकिस्तान अपने यहां जैश ए मोहम्मद द्वारा संचालित और अन्य आतंकी शिविर खत्म करेगा आतंकवादियों के शिविरों पर की गयी कार्रवाई को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है वायुसेना की कार्रवाई की खबर मिलते ही लोग ढ़ोल नगाड़े बजाते हुए सड़कों पर आ गये और एक दूसरे को गुलाल लगाया इधर पटना सहित पूरे प्रदेश में लोगों को खुशियां मनाते हुए देखा गया अपनी प्रतिक्रिया में लोग कह रहे थे कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर किये गये आतंकवादी हमले का दुश्मन को करारा जवाब दिया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वायूसेना द्वारा आतंकवादियों के शिविरों को ध्वस्त किये की कार्रवाई पर सेना के पराक्रम को सलाम किया है उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है राजस्थान के चुरू में आज एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे

सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा मैं देश नहीं रूकने दूंगा मैं देश नहीं झुकने दूंगा मेरा वचन हैं मेरा वचन हैं भारत मां को तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा विभिन्न राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत के हमले का स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की द्रढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की परिचायक है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह कार्रवाई नये भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को रेखांकित करती है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अहमदाबाद में कहा कि देश की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई की बहुत जरूरत थी

उनको बहुत बहुत बधाई देशभर में एक माहौल है मोदी जी पर लोगों का विश्वास है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने वायुसेना के पायलटों की सराहना की है उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पार्टी वायुसेना की भूमिका के लिए उसे सलाम करती है राज्यपाल लालजी टंडन ने वायुसेना द्वारा की गयी कार्रवाई पर गर्व और संतोष व्यक्त किया है उन्होंने वायुसेना के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी बधाई दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान में घूसकर आतंकी ठिकानों के खिलाफ की गयी कार्रवाई को सही समय पर सही कार्रवाई बताया है श्री कुमार ने कहा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई का उचित उदाहरण आज दिखा है उन्होंने वायु सेना के जवानों को बधाई दी है इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार ने जो वादा देशवासियों से किया था आज उसे पूरा कर दिखाया श्री राय ने कहा कि भारतीय वायु सेना के सफल कार्रवाई से पूरे देश में खुशी की लहर है आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर वायू सेना की कार्रवाई की प्रष्ठभूमि में आज शाम नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार के कदम के प्रति एकजुटता व्यक्त की है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बैठक के बाद कहा कि सभी दलों ने कहा है कि वे सेना के साथ हैं बैठक में विदेश मंत्री के अलावा केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली और राजनाथ सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन बहुजन समाज पार्टी के सतीश चन्द्र मिश्रा भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के डी राजा बीजू जनता दल के भर्तृहरि महताब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल समेत कई पार्टियों के नेता उपस्थित थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में सुलभ इंटरनेशनल और अक्षय पात्र फाउंडेंशन को संयुक्त रूप से वर्ष दो हजार सोलह के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए सुलभ इंटरनेशनल को भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार और सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए यह प्रस्कार दिया गया इस पुरस्कार में एक करोड़ रुपये नकद प्रशंसा पत्र एक पट्टिका और परम्परागत हस्तशिल्प कृति प्रदान की जाती है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में रामनगर प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी विजय वर्मा को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज छत्तीस हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है सूत्रों ने बताया कि औचक निरीक्षण में पकड़े गये शिक्षकों को कार्रवाई से मुक्त करने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुनिन्द्र राम से आरोपी चालीस हजार रुपए की मांग कर रहा था इस संबंध मे निगरानी डीएसपी मोहम्मद जमरुद्दीन ने बताया की रामनगर के बीईओ द्वारा खजूरिया विद्यालय में कुछ दिन पहले औचक निरीक्षण किया गया था जिसमे दो महिला शिक्षिका अनुपस्थित पाई गई थी जिसमें बीईओ द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था भाजपा की ओर से आज सभी विधान सभा क्षेत्रों में कमल ज्योति संकल्प अभियान चलाया गया इस दौरान शहीदों को सम्मान देने के साथ ही राष्ट्रवाद और विकास का संकल्प लिया गया विशेष तौर पर उन घरों में दीये जलाये गये जहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है पटना सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सहित कई वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के सभी घरों में पन्द्रह अगस्त दो हजार बीस तक स्मार्ट विद्युत प्रीपेड मीटर लगा दिया जायेगा श्री कुमार ने आज पटना के विद्यूत भवन परिसर में ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं के कार्यारंभ की रिमोट के माध्यम से शुरूआत की उन्होंने कहा कि मीटर रिडिंग में होने वाली गड़बड़ी को प्रीपेड मीटर से रोका जा सकेगा पटना उच्च न्यायालय ने सड़कों पर अतिक्रमण मामले को लेकर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि के जवाब से असंतुष्ट होकर मुख्य सचिव को कड़े निर्देश दिये हैं एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही की खंडपीठ ने राजेन्द्रनगर फ्लाई ओवर के नीचे दूकानों को लेकर अपनी नाराजगी जताायी मामले की अगली सुनवाई पच्चीस मार्च को होगी

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना गया भागलपुर और पूर्णिया में आसमान में बादल छाये रहने और कुछ स्थानों पर गरज के साथ छीटें पड़ने की संभावना जतायी है मुंगेर जिले की पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर बहियार में छोपमारी कर आठ मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामग्री के साथ आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया सीतामढ़ी जिले के ड्मरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पकटोला गांव में अपराधियों ने एक निजी कंपनी के कर्मचारी से दिन दहाड़े तीन लाख रुपये लूट लिये गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वीएम इंटर कॉलेज में मैट्रिक परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल की छत का प्लास्टर गिरने से पांच छात्राएं घायल हो गयी उत्पाद विभाग की टीम ने आज कटिहार में राधिकापुर कटिहार पैसेंजर ट्रेन से नौ महिला समेत दस शराब तस्करों को शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया है रोहतास जिले में कल मैट्रिक परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केन्द्र पर ही अभियान चलाकर खसरा रूबेला का टीका दिया जायेगा दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र में कोर्ट में पेशी के लिए लाये गये एक विचाराधीन कैदी की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गयी मृतक के परिजनों ने एसएसपी से शिकायत की है कि पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने के बाद कैदी की मौत हुई है

तीन सौ से अधिक आतंकवादी मारे गये